सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसिलिंग से हटायी रोक

गंगा नदी पर नये पुल बनने के बाद आठ लेन का होगा महात्मा गांधी सेतु

जस्टिस एएस बोब्डे और एल नागेश्वर राव की पीठ ने यह आदेश कोन्द्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर जारी किया है पीठ ने मुम्बई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें ओबीसी कोटा को लेकर काउंसिलिंग स्थगित कर दी गयी थी टीईटी दो हजार ग्यारह की परीक्षा में कई असफल अभ्यर्थियों ने एक सफल अभ्यर्थी के नाम पर अपनी नियुक्ति शिक्षक के रूप में करा ली इसका खुलासा नवादा जिले में हुआ है जब जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेश चौधरी ने जांच शुरू की श्री चौधरी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला की पूनम कुमारी वर्ष दो हजार ग्यारह में टीईटी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर शिक्षक बनी लेकिन उनके नाम और प्रमाण के आधार पर अन्य ग्यारह अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से अपनी नियुक्ति शिक्षक के रूप में करा ली उधर परीक्षा में फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआईटी के एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है मुंगेर शहर के मुर्गियाचक क्षेत्र में एक बोरवेल के गड्ढे में चौबीस घंटे से अधिक समय से फंसी तीन साल की बच्ची को एसडीआरएफ एनडीआरएफ और सेना की टीम ने सकुशल निकाल लिया राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बचाव दल को बधाई दी है पुलिस पासपोर्ट बनवाने वालों के घर सत्यापन के लिए नहीं जायेंगी इसकी अनिवार्यता केन्द्र सरकार ने समाप्त कर दी है अब केवल आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जायेगी मुख्य पासपोर्ट अधिकारी अनिल कुमार चटर्जी ने बताया है कि आवेदन पत्र में छह प्रश्नों की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है साथ ही पुलिस केवल वर्तमान पते की जानकारी देगी राज्य के सभी पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक बनाये जायेंगे सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से राशि ली जायेगी उन्होंने कहा कि पैक्स में बीस लाख के यंत्र रखे जायेंगे जिसके लिए आधी राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी और आधी राशि पैक्स बैंकों से कर्ज के रूप में लेंगे श्री सिंह ने कहा कि जरूरतमंद किसान पैक्सों से इन यंत्रों को किराये पर ले सकेंगे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि कृषि अधिकारी सप्ताह में तीन दिन श्रेत्र में जाएं और वहां खेतीबारी के बारे में किसानों को उचित सलाह दें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धान की रोपनी बढ़ाने के लिए धान की सीधी बुआई करायें साथ ही सामान्य से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वैक्लपिक फसल के बीज वितरित किये जाए निगरानी की विशेष अदालत ने शेखपुरा जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंबारी शाखा के तत्कालीन प्रबंधक पीयूष गोयल और पूर्व कैशियर ओमप्रकाश सिन्हा को भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दो दो वर्ष सश्रम कारावास के साथ बीस बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है पटना और नालंदा जिलों के थानों में पहली प्राथमिकी दर्ज होने के दस घंटे के बाद काउंटर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जायेगी डीआईजी सेंट्रल रेंज राजेश कुमार ने बताया है कि इससे जांच में आसानी होगी और पुलिस दबाव पर भी रोक लगायी जा सकेगी गया जिले के मानपुर प्रखंड में आयकर विभाग ने एक खनन कंपनी के कार्यालय पर छापा मारकर लगभग साढ़े चार करोड़ रूपये की टैक्स चोरी का मामला पकड़ा छापामारी कोलकाता और गया की आयकर विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से किया मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड और अन्य मामलों को लेकर वाम दल के साथ राजद हम कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है बंद को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं केन्द्र सरकार ने गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के पश्चिम दिशा में पांच दशमलव छह तीन किलोमीटर लंबे फोरलेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है इस पुल के निर्माण पर दो हजार नौ सौ इकसठ करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने निर्माण की मंजूरी देने के लिए केन्द्र का आभार जताते हुए कहा कि इससे पटना का विस्तार गंगा नदी के उत्तर की ओर तेजी से होगा उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से महात्मा गांधी सेतु आठ लेन का हो जायेगा गौरतलब है कि पुल निर्माण की यह योजना दो हजार पन्द्रह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से घोषित विशेष आर्थिक पैकेज में शामिल थी राज्य के नौ जिलों में खनिज मिलने के संकेत मिले हैं जियोलॉजिक्ल सर्वे आफ इडिया के सर्वेक्षण में भागलपुर जिले में कोयले का भंडार मिला है जिसकी रिपोर्ट विभाग ने केन्द्र को भेज दी है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई की टीम ने समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव से अब तक की गयी कार्रवाई की पूरी जानकारी ली है टीम ने उनसे पूछा कि ऐसे संस्थानों को चलाने की जिम्मेवारी किसी एनजीओ को विभाग कैसे देता है सीबीआई ने जरूरी कागजात भी विभाग से मांगा है सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम मामले में प्राथमिकी दर्ज किये जाने में देरी के कारणों की भी जांच करेगी उधर राज्य सरकार ने सभी कल्याण गृहों में वायस ट्र टेक मैसेज यंत्र के अतिरिक्त एक पैनिक बटन लगाने का निर्णय लिया है यह कल्याण गृहों में वैसे स्थानों पर लगाया जायेगा जहां सभी की पहुंच आसानी से हो सके वहीं पत्र सूचना कार्यालय ने मामले के आरोपी ब्रजेश ठाकुर के नाम से जारी प्रेस कार्ड को रद्द कर दिया है पूर्व राज्यपाल और एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री भीष्म नारायण सिंह का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया उनके निधन पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है पटनासिटी के अनुमंडलाधिकारी राजेश रौशन ने दीदारगंज टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली को बंद करने का आदेश दिया है उन्होंने लोगों के विरोध पर यह आदेश जारी करते हुए टोल प्लाजा के अधिकारियों से उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने को कहा नवादा जिले के फुलमा गांव के पास आज सुबह बस और ट्रक के बीच हुई सीधी भिडंत में बस के चालक और उपचालक की मौत हो गयी जबकि छह यात्री घायल हो गये सभी घायलों को स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश भर में मध्यम से भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है जबकि विभाग ने अगले पांच दिनों तक अधिकतर स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना जतायी है पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार और असम तक मॉनसून के सक्रिय होने के कारण पटना के आसपास और गंगा के तटीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी आशंका है

पटना के पाटलिपुत्र स्पोटर्स कॉम्पलेक्स में खेले जा रहे बिहार नेपाल कबड्डी सीरीज के पहले मुकाबले में नेपाल ने अड्तीस सैंतीस से जीत दर्ज की वहीं पैंतालीसवीं बिहार राज्य कबड्डी चैम्पियनशिप में पटना और सीतामढ़ी की टीमे बालक और बालिका वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गयी है

हिन्दुस्तान ने मुंगेर जिले में बोरवेल में फंसी बच्ची के रेस्क्यू को खबर बनाते हुए लिखा है बोरवेल में तीस घंटे तक फंसी सना ने मौत को हराया दैनिक भास्कर ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले पर सुर्खी दी है यह सामूहिक दुष्कर्म नहीं अलग अलग बच्चियों की विभत्स दास्तान है दैनिक जागरण ने गांधी सेतु के पास बनने वाले एक नये पुल के लिए शीर्षक दिया है गांधी सेतु के समानांतर नये पुल के निर्माण को मिली मंजूरी प्रभात खबर ने एससी एसटी कानून पर अपनी सुर्खी बनायी है एससी एसटी कानून के मूल प्रावधान किये जायेंगे बहाल और अब अंत में मुख्य समाचार सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसिलिंग से हटायी रोक

गंगा नदी पर नये पुल बनने के बाद आठ लेन का होगा महात्मा गांधी सेतु